्देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण कल से ् केन्द्र सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्रयास किये तेज प्रदेश में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर ं राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों को कोरोना नियंत्रण में सहयोग करने के लिए लिखा पत्र लोगों से घरों में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का अनावश्यक भण्डारण न करने का किया अनुरोध

और ं हनुमान जयंती आज प्रदेशभर में कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ हो रहे हैं आयोजन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

देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें राजस्थान सहित पांच राज्यों के आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित किया है

सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन आपूर्ति सहित उपचार के सभी प्रबंध दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं मरीजों की संख्या को देखते हुए अन्य स्थानों पर भी कोविड डेडीकेटेड वार्ड बना कर उपचार की व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं

क्षेत्र के किसानों को कुछ दिनों बाद उनकी उपज मंडी में लाने को कहा गया है

इघर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने टवीट कर बताया है कि वे भी कोरोना संक्रमित हो गये हैं उन्होंने सम्पर्क में आये लोगों से अपनी जांच कराने का अनुरोध किया है

वहीं नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों को सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा है कि एहतियात के तौर पर कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनना चाहिए

श्री मिश्र ने इस संबंध में राज्य के सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्व तरीके से प्रभावी उपयोग ं सुनिश्चित करने में मदद कर आम जन को राहत प्रदान करें

श्री महाजन ने कहा कि इस नंबर पर समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर कंट्रोल रूम विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल से चर्चा कर त्वरित गति से समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेगा

प्रदेश में किसी भी बीमारी में चिकित्सा सुविधा का लाभ पाने के लिए टेली कंसलटेंसी सेवाए चलाई जा रही हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया है कि अब इस सेवा को ई मित्र के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया गया है

उपभोक्ता संघ के प्रशासक और रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता संघ की ओर से उपलब्ध कराये जा रहे मास्क भारतीय मानकों के साथ साथ यूरोपियन और अमेरिकी मानकों के अधीन मान्य है

बाडमेर सांसद और केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज जैसलमेर के जवाहर हॉस्पीटल का दौरा किया उन्होंने अस्पताल के संसाधनों और मरीजों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली

उधर झुंझुन् में एक निजी संस्था की ओर से पुलिसकर्मियों सफाईकर्मियों और अन्य जरूरतमंदों को चाय बिस्कृट तथा स्नेक्स की निशुल्क व्यवस्था की जा रही है इसके लिए ई रिक्शा पूरे शहर में दौरा कर रहा है ब्रंदी जिले में पुलिस जवानों की रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से काढ़ा उपलब्ध कराया गया झालावाड जिले के झलारा पाटन में आज नगरपालिका द्वारा सेनेटाइजेशन करवाया गया

इस अवसर पर मंदिरों और घरों में हनुमान जी की विशेष प्रजा अर्चना और रामचरित मानस सुंदरकाण्ड तथा हनुमान चालीसा के पाठ किये जा रहे है हालांकि कोरोना संकमण को देखते हुए सामूहिक कार्यकम नहीं हो रहे है कई स्थानों पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है चूरू में इस बार सालासर बालाजी का लक्खी मेला नहीं भरा गया जिले के श्योपुरा बालाजी धाम में पुजारी के सानिध्य में हुए सुंदरकाण्ड पाठ ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाए दी हैं उधर झालावाड जिले के पीपाजी धाम में आज सन्त पीपाजी की जयंती सादगी से कोरोणा गाइडलाइंस की पालना करते हए मनाई गई मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर गुरूवार से तीन दिन तक आंधी मेघगर्जन तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई है

एक मई को अजमेर कोटा उदयपुर बीकानेर तथा जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है